राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि

विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लवन को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के तहत आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लवन पहंचने पर उन्होंने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास यात्रा के दौरान किसानों को सत्रह सौ करोड़ रूपये का धान बोनस ग्यारह सौ चालीस करोड़ रूपये की फसल बीमा की राशि और पांच सौ अड़सठ करोड़ रूपये की सूखा राहत राशि दी जा रही है उन्होंने कहा कि नए सिंचाई पम्प को ऊर्जीकृत करने के लिए एक लाख रूपये अनुदान देने की योजना फिर से शुरू की गई है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दो सौ छह करोड़ रूपये की लागत के छियासी कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सैंतीस हजार से अधिक हितग्राहियों को इकसठ करोड़ रूपये की सामग्री और सहायता राशि का वितरण किया इसके बाद मुख्यमंत्री कबीरधाम जिले के विकासखंड मुख्यालय सहसपुर लोहारा पहुंचे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करीब तीन सौ करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और मुमिपूजन किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बयालीस हजार से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग चार करोड़ रूपए की लागत की सामग्री और अनुदान राशि का चेक वितरित किया मुख्यमंत्री विकास यात्रा के तहत राजनांदगांव जिले के छुईखदान में करीब तीन सौ अड़तीस करोड़ रूपए की लागत के पंचानवे कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करीब साठ हजार हितग्राहियों को इंक्यावन करोड़ रुपए की सामग्री और सहायता राशि के चेक के साथ ही सेत्ताईस हजार से अधिक परिवारों को आबादी पट्टा का वितरण किया हरियर छत्तीसगढ़ अभियान प्रदेश में आगामी मानसून के दौरान हरियर छत्तीसगढ़ वृक्षारोपण महाअभियान के तहत आठ करोड़ पचास लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है मुख्य सचिव अजय सिंह ने आज इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने बैठक में कहा कि वक्षारोपण के लिए राज्य में स्थित औद्योगिक संस्थानों को उनके क्षेत्र के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा उन्होंने कहा कि हरियर छत्तीसगढ़ महाअभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों संस्थाओं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और शासकीय विभागों को मुख्यमत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा

इस केंद्र की स्थापना राज्य में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के समय तेज गति से राहत और बचाव के उपायों के संचालन के लिए की गई है यह कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी सहमति से किया जाएगा इस मौके पर श्री पांडेय ने बताया कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यह केंद्र नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा उन्होंने बताया कि इस केंद्र में आपदा प्रभावित जगहों का सजीव प्रदर्शन भी किया जाएगा जिसके माध्यम से आपदा की वास्तविक स्थिति की पहचान की जा सकेगी और उसी के अनुसार राहत कार्य भी शुरू किए जा सकेंगे उन्होंने बताया कि इस केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है नर्स हड़ताल राज्य सरकार ने प्रदेशभर में आंदोलन कर रही स्टाफ नर्सो की हड़ताल को अवैध करार दिया है और एस्मा लगाने का आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में सरकार ने नर्सों को जल्द काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं इस आदेश के बाद कई नर्से काम पर लौट आई हैं वहीं कई स्टाफ नर्से आज भी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी रहीं गोरतलब है कि प्रदेशभर की तीन हजार से अधिक स्टाफ नर्से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते अट्ठारह मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं इसकी वजह से राजधानी के अंबेडकर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है आंदोलनकारी नर्से समान वेतन देने सहित छियालीस ग्रेड पे लागू करने नर्सिंग ऑफिसर पदनाम के लिए आदेश जारी करने और नर्सिंग कैडर के वेतनमान में वृद्धि किए जाने की मांग कर रही हैं बैंककर्मी हड़ताल देश के सभी सरकारी बैंकों के अलावा निजी और विदेशी बैंकों के कर्मचारी आज से दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं राजधानी रायपूर में आज बैंक कर्मचारियों ने सुबह से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था गौरतलब है कि वेतन संशोधन की मांग को लेकर देश के करीब दस लाख अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं इस दो दिवसीय हड़ताल से प्रदेश में लगभग पांच हजार करोड़ रूपये के कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान है

जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ एक जनवरी दो हजार सत्रह से कर्मचारियों को मिलेगा और कर्मचारियों को बढे हए महंगाई भत्ते की राशि मई दो हजार अट्ठारह के वेतन से मिलेगी जबकि एरियर के भुगतान को लेकर अलग से निर्णय लिया जाएगा

इसमें विशेष भत्ता और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा

पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है इस बीच दंतेवाड़ा जिले के बचेली में भांसी थाना क्षेत्र के मासापारा में पुलिस ने दो माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है हर्बल एमओयु हर्बल खेती और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य औषधीय पादप बोर्ड और एक निजी कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए इस एमओयू के अनुसार पादप बोर्ड द्वारा निजी कंपनी को कच्चे माल के रूप में औषधीय पौधों की उपज दी जाएगी इससे राज्य में हर्बल क्षेत्र के विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे बोर्ड के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह ने बताया कि आने वाले पंद्रह दिनों में बोर्ड पांच अन्य बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू करने की तैयारी कर रहा है कृषि समीक्षा कृषि मंत्री बुजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को खरीफ मौसम के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं बीती रात विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि सिंगल लॉक में हमेशा खादों की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के पांच जिलों और बचे हए बाईस जिलों के एक एक विकासखंड को पूर्ण जैविक खेती जिला बनाने जैविक मिशन चल रहा है इन जिलों में जैविक खादों के विक्रय को बढावा दिया जाएगा कृषि मंत्री ने धान के बीजों को छोड़कर ऐसे बीज जो बाहर से मंगाए जाते हैं उनके उत्पादन के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आगामी शिक्षा सत्र से शुरू होने वाले छह नए कृषि महाविद्यालयों के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने के भी निर्देश दिए

इस मौके पर समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल इकतीस मई को तम्बाख् के द्ष्प्रभाव और इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कॉर्ट्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है यह प्रतियोगिता तीन वर्गो में रायपुर के वृदावन हॉल में आयोजित की जाएगी इस बीच आज प्रदेशभर में तम्बाख् निषेध दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस संकल्प शिविर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संकल्प शिविरों की कड़ी में आज रायपुर संभाग में संकल्प शिविरों का आयोजन किया गया जिसके तहत रायपुर जिले के अभनपुर और धरसींवा तथा धमतरी के कुरूद में संकल्प शिविर लगाए गए इन तीनों शिविरों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बर्घल नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे दो जून को महासमुंद जिले के खल्लारी तीन जून को रायपुर जिले के आरंग और रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा

ये निर्देश विशेष रूप से मीडिया के लिए जारी किए गए हैं जारी निर्देश के अनुसार मीडिया को पीडित बच्चे की पहचान उसका नाम पता फोटो चित्र और परिवार का वर्णन अथवा किसी अन्य विशेष बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे की पहचान उजागर होती हो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी स्तर के इकतीस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने अटठारह पुलिस निरीक्षकों का तबादला आदेश भी जारी किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में कल जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा